राष्ट्रपति ने हीरानार के जैविक कृषि प्रक्षेत्र में समन्वित कृषि प्रणाली के मॉडल और कड़कनाथ हब का अवलोकन किया किसानों और स्व सहायता समूह की महिलाओं के साथ की बातचीत केंद्र सरकार ने भीड़ की हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए सभी राज्यों को प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा

श्री कोविंद अपने दौरे के पहले पड़ाव पर दंतेवाड़ा के पास ग्राम हीरानार स्थित वनवासी कल्याण आश्रम पहुंचे और उन्होंने बच्चों के साथ भोजन किया इस मौके पर राष्ट्रपति ने आश्रम के विद्यार्थियों को जीवन में सफलता के लिए बड़े लक्ष्य निर्धारित करने और उन लक्ष्यों तक पहंचने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में कामयाबी के लिए सपने देखना चाहिए और दुढ़ इच्छा शक्ति के साथ उन सपनों को पूरा करने का प्रयास करना चाहिए श्री कोविंद ने विद्यार्थियों से सामान्य ज्ञान की भी बाते पूछी और बच्चों को शाबाशी दी इस दौरान राष्ट्रपति ने आश्रम में कम्प्यूटर लैब की स्थापना की घोषणा की राष्ट्रपति ने आश्रम की छात्रावास व्यवस्था और वहां बच्चों की शिक्षा आदि के लिए दी जा रही सुविधाओं के बारे में भी पूछा श्री कोविंद ने यह जानकर खुशी व्यक्त की कि आश्रम में वैदिक गणित की भी पढ़ाई हो रही है और बच्चों को तीरंदाजी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है उन्होंने वैदिक गणित की कक्षा और तीरंदाजी प्रशिक्षण का भी अवलोकन किया इससे पहले राष्ट्रपति ने हीरानार के फूलसुंदरी जैविक कृषि प्रक्षेत्र में समन्वित कृषि प्रणाली के मॉडल और कड़कनाथ हब का अवलोकन किया उन्होंने कड़कनाथ प्रजाति के मुर्गियों का पालन कर रही स्व सहायता समूह की महिलाओं से बात कर उनके व्यवसाय और आमदनी के बारे में जानकारी ली महिलाओं ने राष्ट्रपति को बताया कि पिछले दस माह में कड़कनाथ मुर्गी से उन्हें करीब एक लाख चालीस हजार रूपये की आय हई है उनके समूह में ग्यारह सदस्य हैं

इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राष्ट्रपति को दंतेवाड़ा जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए चल रहे प्रयासों की जानकारी दी राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान में काम कर रही महिला स्व सहायता समूह की करीब तीन सौ महिलाओं से भी चर्चा की उन्होंने महिलाओं से कहा कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर खास ध्यान दें

श्री कोविंद ने महिला समूहों की मांग पर प्रक्षेत्र के लिए एक बड़े आकार की एलईडी टीवी देने की घोषणा की राष्ट्रपति ने जिला मुख्यालय दंतेवाड़ा में एक आदिवासी महिला फूलमती भास्कर के ई रिक्शा की सवारी भी की फूलमती ग्राम टेकनार स्थित मां भवानी महिला स्व सहायता समूह की सदस्य है श्री कोविंद ने इसे महिला सशक्तिकरण और महिला स्वावलंबन के साथ साथ पर्यावरण की दृष्टि से भी काफी उपयोगी बताया उन्होंने कहा कि इससे हितग्राही महिलाओं के परिवारों की आमदनी भी बढ़ेगी इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और स्कुल शिक्षा मंत्री केदार कश्यप भी मौजुद थे राष्ट्रपति ने जिला मुख्यालय दंतेश्वरी के ऐतिहासिक दंतेश्वरी मंदिर में पूजा अर्चना की और देश तथा प्रदेश की जनता की सुख समृद्धि की कामना की

श्री कोविंद ने वहां दिव्यांग बच्चों के लिए संचालित सक्षम आवासीय विद्यालय में बच्चों से मुलाकात की इस दौरान स्कूल की एक छात्रा ने श्री कोविंद का स्वागत करते हुए पूरे परिसर का भ्रमण कराया राष्ट्रपति ने दृष्टिबाधित बच्चों को वाद्य यंत्र देने को कहा साथ ही उन्होंने दृष्टि बाधित बच्चों के ब्रेल लाइब्रेरी का अवलोकन भी किया श्री कोविंद ने राज्य सरकार द्वारा दिव्यांग बच्चों के सशक्तिकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की प्रशंसा की श्री कोविंद ने दंतेवाड़ा के जावंगा स्थित युवा बीपीओ में काम करने वाले युवाओं से भी मुलाकात की उन्होंने कहा कि यहां के युवा शहर के पब्लिक स्कूल से निकलने वाले बच्चों से किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं है इस मौके पर श्री कोविंद ने एक बड़ा एलईडी स्क्रीन देने की घोषणा की इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जगदलपुर विमानतल में राष्ट्रपति की आगवानी की और आत्मीय स्वागत किया विमानतल पर उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमप्रकाश पांडेय वन मंत्री महेश गागड़ा सांसद दिनेश कश्यप सहित अनेक जनप्रतिनिधियों ने राष्ट्रपति का स्वागत किया राष्ट्रपति कल जगदलपुर के डिमरापाल में स्थित स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति शासकीय मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण करेंगे इसके बाद राष्ट्रपति इसी दिन जगदलपुर से रायपुर आकर नई दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे केंद्र भीड़ हिंसा केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से भीड़ की हिंसा की घटनाओं को रोकने के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा है केंद्रीय गृह मंत्रालय से जारी परामर्श में कहा गया है कि यह नोडल अधिकारी पुलिस अधीक्षक के स्तर के होने चाहिए मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह ऐसे विशेष कार्यबल का गठन कर सके जो दुर्भावनापूर्ण और उत्तेजक भाषण देने और झूठी खबरें फैलाने वालों के विरूद्व गोपनीय सूचनाएं एकत्र कर सकें गृह मंत्रालय ने कहा कि पहचान की प्रक्रिया तीन सप्ताह के अंदर हो जानी चाहिए मंत्रालय ने कहा कि ऐसे पुलिस अधिकारियों या जिला प्रशासन के अधिकारियों के विरूद्व कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो भीड़ हिंसा और लिंचिंग या इस तरह के अपराधों को रोकने के दिशा निर्देशों के अनुपालन करने में विफल रहते हैं जवान घायल बीजापुर जिले में माओवादियों द्वारा लगाए गए स्पाइक होल की चपेट में आने से दो जवान घायल हो गए घायल जवानों में एक ही हालत गंभीर बताई जा रही है डीआईजी आलोक अवस्थी ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि बासागुड़ा थाना से कोबरा बटालियन के जवान रोड ओपनिंग के लिए निकले थे इस बीच सुरक्षा बल के जवान तर्रेम मार्ग पर माओवादियों द्वारा लगाए गए स्पाइक होल की चपेट में आ गए इस हादसे में दो जवान घायल हो गए घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है उधर दंतेवाड़ा जिले के बुर्कापाल चिंतागुफा क्षेत्र में माओवादियों ने जवानों के लिए ले जा रहे राशन को लूट लिया

यह रिपोर्ट राजधानी रायपुर स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स द्वारा तैयार की गई है इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वे रिपोर्ट में की गई अनुशंसाओं पर राज्य सरकार पूरी गंभीरता से ध्यान देगी और जनता के मानसिक स्वास्थ्य को अधिक बेहतर बनाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी कांग्रेस बैठक प्रदेश कांग्रेस आगामी इकतीस जुलाई से जन संवाद कार्यक्रम शुरू करेगी इसके तहत कांग्रेस के नेता बुजुर्गों सामाजिक संगठनों और किसान संगठनों के लोगों से मिलेंगे साथ ही गरीब बस्तियों में जाएंगे और युवाओं से भी मुलाकात करेंगे इस दौरान प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया जाएगा यह निर्णय आज चुनाव अभियान समिति की बैठक में लिया गया बैठक में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर चरणदास महंत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव सहित चुनाव अभियान समिति के सदस्यगण उपस्थित थे बैठक में लोक पर्व हरेली को सभी विधानसभा क्षेत्रों और मिनीमाता की पुण्यतिथि को प्रदेशभर में मनाने का निर्णय लिया गया बैठक की शुरूआत में प्रदेश अध्यक्ष भूपेश बघेल ने स्वतंत्रता सेनानी केयूर भूषण और प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव के निधन पर शोक का प्रस्ताव रखा सभी सदस्यों ने दो मिनट का मौन धारण कर दिवंगत नेताओं को श्रद्वांजलि अर्पित की कारगिल विजय दिवस कल कारगिल विजय दिवस है राज्यपाल बलरामजी दास टंडन ने कारगिल युद्ध के शहीदों श्रद्वांजलि दी है उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस कौशल और समर्पण के साथ दुश्मनों पर जीत हासिल की उन्होंने सेना के जवानों को शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि ऐसे ही उच्च आदर्शों को बनाए रखें तथा देश की अथक सेवा करते रहें संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के रायपुर स्थित निवास में कल छब्बीस जुलाई को जनदर्शन कार्यक्रम नहीं होगा छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल रायपुर द्वारा आयोजित हाई और हायर सेकेण्डरी की अवसर परीक्षा की समय सारिणी घोषित कर दी गई है हाईस्कूल की परीक्षा आगामी उन्नीस सितंबर से पांच अक्टूबर और हायर सेकेण्डरी की परीक्षा अट्ठारह सितंबर से पांच अक्टूबर तक निर्धारित परीक्षा केंद्रों में ली जाएगी जांजगीर चांपा जिले में बाराद्वार क्षेत्र के ग्राम ठठारी में खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों पर आज जंगली सुअर ने हमला कर दिया इस हमले में पांच लोग घायल हो गए जिनमें से दो की हालत गंभीर बताई जा रही है घायलों को जैजैपुर स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है भौमिकी और खनिकर्म संचालनालय द्वारा कल राजधानी रायपुर में राज्य स्तरीय भू वैज्ञानिक कार्यक्रम मंडल की बैठक आयोजित की गई है